प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिल्मी हस्तियों से गांधीवाद पर फिल्में बनाने की अपील की प्रदेश के मौसम में फिर आया बदलाव भोपाल सहित कई जिलों में छाये बादल हुई बूंदाबांदी

विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिये कल वोट डाले जाएंगे

वोटों की गिनती गुरूवार को होगी राज्य की एक मात्र झाबुआ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कल मतदान होगा प्रशासन ने निष्पक्ष और शांति पूर्ण उपचुनाव के लिये पर्याप्त प्रबंध किये हैं

यहां भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के अलावा तीन निर्दलीय उम्मीद्वार चुनाव मैदान में हैं गौरतलब है कि भाजपा के जीएस डामोर के संसद सदस्य चुने जाने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तिफा दे दिया था जिसके बाद यहा चुनाव कराया जा रहा है

कल सीहोर जिले के शासकीय विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की बैठकों में शामिल हुए श्री चौधरी ने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएँ देखीं और अभिभावकों से बातचीत की उन्होंने बताया कि स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जा रही है डॉ चौधरी ने अभिभावकों से चर्चा करते हुए कहा कि शासकीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिये हर तीन माह में एक बार शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक होगी जिसमें विद्यार्थियों की शिक्षा और समस्याओं के बारे में अभिभावकों और शिक्षकों के बीच खुला संवाद होगा डॉ चौधरी ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ शिक्षकों के ट्रान्सफर उनकी सुविधा अनुसार ऑनलाइन किये जाने की परंपरा की शुरूआत की गयी है उन्होंने कहा कि स्कूली मैदानों को अतिक्रमण से मुक्त रखा जायें स्मार्ट कॉलोनी खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कल ग्वालियर में पड़ाव स्थित लक्ष्मीबाई कॉलोनी का निरीक्षण किया और साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया इस दौरान श्री तोमर ने कहा कि लक्ष्मीबाई कॉलोनी शहर की प्रथम स्मार्ट कॉलोनी बनेगी उन्होंने बताया कि यहां के रहवासियों के सहयोग से सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी श्री तोमर ने निगमायुक्त को निर्देश दिए कि कॉलोनी की सीवर व्यवस्था को तत्काल ठीक कराया जाये साथ ही कॉलोनी के कचरा स्थान को सेल्फी प्वाइंट के रूप में विकसित किया जाए

इस अवधि में किसी भी लाइन अथवा उप केन्द्र में रख रखाव और निर्माण कार्य के लिए शटडाउन नहीं किया जाए ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत निराकरण किया जाए

इसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए अलग अलग विधाओं के पांच सौ से अधिक कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे

उन्होंने कहा कि महात्मा ्गांधी सादगी और सरलता के पर्याय हैं और उनके विचार पूरे विश्व में व्यापक रूप से मान्य हैं श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्शो को लोकप्रिय बनाने में फिल्म और टेलीविजन जगत के लोगों ने काफी उत्कृष्ट योगदान किया है

कार्यक्रम में आमिर खान शाहरूख खान राजकुमार हिरानी अनुराग बसु और कंगना रानाउत जैसी जानी मानी फिल्मी हस्तियां भी मौजूद थीं

समापन अवसर पर यात्रा के सफलता पर बोलते हुए सांसद श्री सिंह ने कहा कि यह अभूतपूर्व यात्रा थी उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए गांधीजी के विचारों तथा उनके दर्शन को लाखों लोगों तक पहुंचाया गया उधर गुना सांसद डॉक्टर केपी सिंह आज शिवपुरी जिले में खोड़ क्षेत्र में गांधी संकल्प यात्रा निकालेंगे मौसम प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है अरब सागर से आ रही नमी और राजस्थान में ऊपरी हवाओं में बने चक्रवाती घेरे की वजह से राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में कल दिनभर बादल छाये रहे और कहीं कहीं हल्की वर्षा या बूंदाबांदी भी हुई मौसम केन्द्र भोपाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि एक दो दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा इसके बाद ठंड बढ़ेगी